प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सोलह जून को दोपहर तीन बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ पंजाब असम केरल उत्तराखंड झारखंड त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे वहीं श्री मोदी परसों सत्रह जून को महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान और उत्तरप्रदेश सहित पंद्रह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे ल्डा देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश में लॉकडाउन का पांचवा चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है देश में अनलॉक वन जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह है लेकिन लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भेज सकते हैं

दूसरे दिन आज रायपुर स्थित कशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जिला जनसंवाद कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने बस्तर जिला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित किया इस मौके पर श्री नेताम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहंचाने की अपील की उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उन्हें लेकर भाजपा देशभर में दस करोड़ लोगों से सीधे संपर्क करेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपने पहले कार्यकाल में गरीबों आदिवासियों किसानों मजद्रों युवाओं महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वह एक मिसाल है श्री नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बस्तर को एक मॉडल के तौर पर विकसित करने की चिंता की और उस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए हैं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह तेंद्रपत्ता की खरीदी बंद कराकर आदिवासियों और श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश सरकार को मजदूरों की चिंता नहीं है इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक राजेश मूणत और विधायक शिवरतन शर्मा भी उपस्थित थे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं बाईस जून तक चलेंगी

उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार आदिवासियों सहित प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ छलावा कर रही है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में भी विफल रही है श्री कौशिक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के कामकाज की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का चिंतन किया और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की षिंता की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सक्षम और सबल नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर देश बन रहा है पेसा कानून प्रर्देश में पेसा कानून को लागू करने की पहल शुरू हो गई है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपूर में सर्व आदिवासी समाज और पंचायती राज सशक्तिकरण तथा वन अधिकार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की उन्होंने चर्चा में शामिल सभी लोगों से प्रदेश में इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव मांगे बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने में यह कान्न महती भुमिका निमाएगा निजी स्कूल फीस निर्धारण राज्य में संचालित अशासकीय निजी शालाओं के फीस निर्धारण और विभिन्न पहलूओं पर विचार विमर्श के लिए कल तीन सदस्यीय मंत्रिपरिषद उप समिति की बैठक हुई बैठक में शिक्षकों शिक्षाविद पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन से मिले सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे इस मौके पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने फीस निर्धारण के प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर लोगों द्वारा मिले सुझावों की जानकारी दी बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निजी स्कूल की फीस तय करने के लिए रणनीति बनाने में प्राप्त बेहतर सुझावों पर विचार कर एक सप्ताह में समिति के समक्ष प्रस्तुत करें बैठक में तय किया गया कि समी निजी स्कूलों में एक समिति होगी जिसमें पालक शिक्षाविद स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल रहेंगे यह समिति स्कूल की व्यवस्था पढ़ाई का स्तर अमला आदि के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी सडक कार्ययोजना लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश में नये जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही को छोड़कर समी सत्ताईस जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडे हैं राज्य के एक सौ छियालीस विकासखंडों में से केवल छह विकासखंड देवमोग नरहरपुर जनकपुर कुआंकोंडा लुण्ड्रा और मैनपाट डबल लेन मार्ग से जिला मुख्यालय से नहीं जुड़े हैं उन्होंने बताया कि इन ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोडने के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है इस कार्ययोजना के लिए चार सौ बत्तीस करोड़ रूपये का बजट अनुमानित है इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साह ने माओवादियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अच्छी पहल बताया है उन्होंने माओवाद प्रभावित क्षेत्र विशेषकर बस्तर रेंज में चलाए जा रहे अभियान को भिली सफलता की जानकारी देते हुए सुरक्षा बलों और पुलिस प्रशासन की तारीफ की

इनमें छह रायपुर और एक मरीज कोरिया जिले से हैं रायपुर जिले में मिले मरीजों में टाटीबंध से दो चंगोरामाटा संजय नगर गौसिया चौक और तिल्दा से एक एक मरीज शामिल हैं वहीं बीती देर रात एक सौ तेरह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इनमें सबसे ज्यादा चवालीस मरीज कोरबा जिले से मिले थे इसके अलावा बलरामपुर से अट्ठाईस जांजगीर चांपा से चौदह रायपुर दुर्ग और रायगढ़ से छह छह बलौदाबाजार से तीन गरियाबंद बिलासपुर और जशपुर से दो दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पृष्टि हई थी बलरामपुर रामानुजगंज जिले में कल देर रात अट्ठाईस नए मरीज मिले हैं इनमें से अट्ठारह जिला मुख्यालय बलरामपुर रामचंद्रपुर विकासखंड से पांच वाड़फनगर विकासखंड से तीन और शंकरगढ विकासखंड से दो लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया वहीं जशपूर जिले में दो महिलाओं में कोरोना पॉजीटिव की पुष्टि हुई है दोनों महिला फरसाबहार जनपद के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही थीं सीएमएचओ डॉक्टर पुरूषोत्तम सुधार ने बताया कि दोनों महिलाएं दूसरे राज्यों से लौटी हैं इस बीच आज सरगुजा संभाग से छब्बीस कोरोना संक्रमित मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई संभाग के पांच जिलों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दो सौ के करीब पहंच गया था सरगुजा जिले में अकेले चौबीस मरीज मिले थे जिनमें से तेईस मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं सिर्फ एक मरीज अस्पताल में भर्ती है उघर कोंडागांव जिले में विश्रामपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम सलना क्वारेंटाइन सेंटर से फरार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है इसी तरह रायगढ़ जिले के ग्राम सिंघनपुर के क्वारेंटाइन सेंटर से फरार एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर फिर से क्वारेंटाइन कर दिया है इसके खिलाफ पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया है श्रमिक वापसी छत्तीसगढ़ में अब तक स्पेशल ट्रेनों बसों और अन्य माध्यमों से तीन लाख पचहत्तर हजार प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग सकृशल लौटे हैं इनमें अठहत्तर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से एक लाख छह हजार से अधिक श्रमिक शामिल हैं गृह राज्य लौटने पर प्रवासी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बधेल के प्रति आभार व्यक्त किया है हाट बाजार अनुमति कोंडागांव जिले में अब साप्ताहिक हाट बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे इसके तहत साप्ताहिक बाजारों में सब्जी और अन्य सामग्री की दकानों के बीच कम से कम बीस फीट की दरी जरूरी होगी यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और दुकाने अधिक होगी तो स्थानीय अधिकांशी और जनप्रतिनिधि सामंजस्य से अन्य किसी स्थान पर व्यवस्था कर बींस फीट की दूरी का पालन कराएंगे इसके लिए अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है जनसंपर्क अधिकारी कॉन्फ्रें स राज्य के जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा ने आज ऑनलाइन कॉन्फ्रें सिंग के जरिये सभी जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय जनता तक सही और प्रमाणिक सूचना पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है श्री सिन्हा ने कहा कि जनसंपर्क विभाग ने कोरोना संकट के दौरान सूचना और संचार की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मीडिया और जनता तक सूचनाए पहुचाई इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की भी शुरूआत हुई टिड्डी दल हमला टिडिंडयो का दल एक बार फिर प्रदेश के राजनांदगांव जिले की सीमा के करीब आ पहुंचा है कल तक टिडिंडयों का यह दल मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र के आसपास मंडरा रहा था यह गांव राजनांदगांव जिले की सीमा से करीब पचास किलोमीटर दूर है सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हए हैं कृषि विभाग के उप संचालक गोविंद सिंह ध्रवे ने बताया कि टिड्डी दल का रूख एक बार फिर राजनादगांव जिले की तरफ दिख रहा है आखिरी लोकेशन तिरोड़ा के आसपास का मिला है चूंकि यह जिले की सीमा से सटा हुआ है इसलिए निगरानी टीमों के अलावा किसानों को भी सतर्क रहने को कहा गया है गौरतलब है कि पिछले दिनों टिडिडयों का दल राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट और मध्यप्रदेश की बार्डर तक आ पहंचा था बाद में हवा की दिशा बदली तो वह वापस भी हो गया था लेकिन यह टिडडी दल एक बार राजनांदगांव जिले की तरफ तेजी से बढ रहा है हाथी इलाज वनमंडल कोरबा के तहत ग्राम कठराडेरा में भिले एक अस्वस्थ्य हाथी का इलाज जारी है इलाज में जुटी वाइल्ड लाईफ एक्सपर्ट और चिकित्सकों की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं अस्वस्थ हाथी की जान बचाने के लिए रायपुर और बिलासपुर से भी वाइल्ड लाईफ एक्सपर्ट की टीम पहुंची है गौरतलब है कि कैल कोरबा वनमंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कठराडेरा में एक हाथी ग्रामीण के घर बाउंड्रीवॉल को तोड़कर घ्रस गया इसके बाद यह हाथी आंगन में ही अचानक अचेत होकर गिर गया इसकी जानकारी वन विमाग को दी गई थी हरियर छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले में वन विभाग द्वारा नर्सरियों में विभिन्न प्रजाति के करीब साढ़े पांच लाख पौधे निःशुल्क वितरण के लिए तैयार किया गया है वनमंडल अधिकारी ने बताया कि हरियाली रथ द्वारा पौधे घर तक निःशुल्क पहंचाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है वनमंडल द्वारा मुनगा नीम आम जामुन नींबू गुलमोहर और कटहल प्रजाति के पौधे तैयार किए गए हैं उधर हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत आज दुर्ग प्रलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यातायात कार्यालय परिसर नेहरू नगर में वृक्षारोपण किया इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के साथ अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए इस दौरान सौ छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया गया इस बीच अंबिकापुर नगर निगम ने शहर को ग्रीन सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी है निगम को लोक निर्माण प्रभारी और एमआईसी सदस्य शफी अहमद ने तकनीकी विभाग के साथ बैठक कर इसी हफ्ते पौधरोपण की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि शहर में सड़क के दोनों तरफ खाली जगह पर फूल और फलदार पौधे लगाए जाएंगे मवेशी मौत रायगढ के भगवानपुर सीएमएचओ कार्यालय चौक पर बीती रात एक ट्रेलर की चपेट में आने से छह मवेशियों की मौत हो गई आज सुबह घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मृत जानवरों का पोस्टमार्टम करवाया पुलिस ने द्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है वहीं जांजगीर चांपा जिले में शिवरीनारायण के ग्राम लोहरसी में आज एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पर बैठे मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में चार मवेशियों की मौत हो गई वहीं बारह मवेशी घायल हो गए हैं मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग से भिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में पूरी तरह पहुंच चुका है इसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है सरगुजा संभाग और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश हो सकती है

संक्षिप्त समाचार रायपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद पुरूषोत्तम बेहरा को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है श्री बेहरा पर जोन चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है धमतरी जिले के कुरूद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुर्रा गांव में बाहर से आए प्रवासी लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखे जाने का विरोध करने पर प्रशासन ने गांव के पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत लक्षनपुर के पूर्व सरपंच तेजस यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने आज आठ और आरोपियों को गिरफ्तार किया है अब ं तक चौबीस आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुर्की है आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है दुर्ग जिले में शासकीय भूमि को अपना बताकर पंद्रह लाख रूपये से अधिक की कीमत पर बेचने वाले एक आरोपी को पाटन प्रलिस ने गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कापन में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई